मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मण्डी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

इधर शिमला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संजौली में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई इसके बाद उन्होंने मात व शिश स्वास्थ्य केन्द्र संजौली का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को जूरूरी दिशा निर्देश दिए वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने मनाली के नागरिक अस्पताल परिसर में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत बच्चों को पोलियो खुराक दी

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि संत गुरू रविदास की शिक्षा व आदर्शों का सभी को अनुसरण करना चाहिए ताकि स्वस्थ समाज की नींव सुदृढ़ हो सके वे आज नाहन के सैनवाला मुबारिकपुर में एक समारोह में बोल रहे थे बिंदल ने कहा कि गुरू रविदास एक महान संत व समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और सामाजिक क्रीतियों के उन्मूलन के लिए समर्पित किया बिन्दल ने कहा कि उन्होंने लोगों को पारस्परिक सहयोग और राष्ट्र की एकता व अखण्डता का पाठ पढाया विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने लोगों को गुणात्मक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की अपनी प्रतिबद्वता जताई है वे आज सुलह निर्वाचन क्षेत्र के रमेहड़ और घरहूं में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे

शाहपुर में जन समस्याएं सुनने के बाद आज उन्होंने ये बात कही इस मौके मकरोटी का एक प्रतिनिधि मण्डल उप प्रधान योगेश धीमान के नेतृत्व में सरवीण चौधरी से मिला और उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को समस्याओं के जल्द निपटारे का आश्वासन दिया अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं बिलासपुर ज़िले में नैनादेवी के दबट मजारी पटवार वृत्त कार्यालय के नए भवन के शिलान्यास के बाद बस्सी में एक जनसभा में आज उन्होंने ये बात कही

उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए किए गेए विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख भी किया अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में एम्स खुलवाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ मिलकर अनेक प्रयास किए गए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है वे आज ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के डंगोली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप कुमार और ऊना के विधायक सतपाल रायजादा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस मौके मौजूद रहे इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारने का निर्णय लिया है ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने बताया कि आनन्द शर्मा व विप्लव ठाकुर के चुनाव में विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से अब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है